आर्थिक मामलों की केन्द्रीय समिति ने प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की श्रूआत को स्वीकृति दे दी है हरियाणा की मुख्य सचिव ने सभी जिलों दवारा जल शक्ति अभियान की तैयारियां पूरी कर इन पर कार्य श्रू करने की ताकीद की है

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा हर्षवर्धन ने स्वास्थ्य कार्यक्रामें को सफल बनाने के लिये लोगों को ठोस सूचनायें और स्तरीय जानकारी उपलब्ध कराने के महत्व का उल्लेख किया विश्व जनसंख्या के अवसर आज नई दिल्ली में कार्यशाला का उदघाटन करते हये उन्होंने कहा कि जनसंख्या में वृद्वि चिंता का विषय है और इस पर रोक लगाना एक कठिन कार्य है उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिये सबसे जरूरी है लोगों को लगातार जानकारी देना उन्हें जागरूक करने के साथ साथ प्रोत्साहित करते रहना इसससे बेहतर कोई ओर विकल्प नहीं है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि जनसंख्या वृद्वि पर नियंत्रण के लिये जनता के साथ अच्छा संवाद स्थापित करने की अवश्यकता है

जनसंख्या स्थिरीकरण के महत्व को उजागर करने के लिये यह दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है जो मानव विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है

आर्थिक मामलों की केन्द्रीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्रामसड़क योजना के तीसरे चरण की श्रूआत की स्वीकृति दे दी है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना के तहत आवासीय बस्तियों का ग्रामीण कृषि बाज़ारों माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों को जोड़ने का कार्य किया जायेगा

इस कानून के तहत ऐसे अपराधियों को मृत्य्दंड सहित कड़ी से कड़ी सज़ा दिये जाने का प्रावधान है साथ ही ब्चचों के अश्लील चित्र लेने पर जुर्माने के साथ कैद की सज़ा का भी प्रावधान है पत्रकारों से बातचीत करते ह्ये श्री जावड़ेकर ने कहा कि संशोधन से उम्मीद है कि अधिनियम में शामिल मज़बूत दंड प्रावधानों के कारण बाल यौन शोषण को रोकने में सफलता मिलेगी केन्द्र सरकर ने आदर्श किराया कानून का प्रस्ताव रखा है जिसके तहत मलिक मकान किराया बढ़ाने से तीन महीने पहले किरायेदार को लिखित रूप से नोटिस देगा देश में किराये पर दी गई समपतियों के अलम को नियंत्रित करने के लिये प्रस्तावित कानून मे जिला आय्क्त को किराया अथारिटी निय्क्त करने और समय से ज्यादा देर तक किरायेदार के रूप मे टिके रहने पर ज्र्माना लगाने का प्रस्तव भी है

हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आंनद अरोड़ा ने कहा कि सभी जिलों द्वारा जल शक्ति अभियान की तैयारियां पूर्ण करके इन पर कार्य श्रू करने की ताकीद की है ताकि जल का संचय किया जा सके मुख्य सचिव केशनी आंनद अरोड़ा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों के साथ जिला स्तर पर जल शक्ति अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर रही थी इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव तथा केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों ने भी जल शक्ति अभियान के बारे में जानकारी दी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और म्ख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशान्सार जल शक्ति अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें उन्होंने सूखे तालाबों को जल से भरने के अतिरिक्त सामर्थय से ज्यादा भरने से बचाने के लिये जलशक्ति अभियान में अभियांत्रिकी विभाग की सेवायें लेने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन अन्सार प्रदेश के सभी नागरिकों को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास म्हैया करवाने के लिए कार्यवाही में तेजी लाई जाएगी उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं के लिये आवेदन लिये गये है उनकी प्रगति रिपोर्ट लेकर शीघ्र ही अमलीजामा पहनाया जाएगा

हरियाणा राज्य महिला आयोग ने आगामी विधानसभा च्नाव के मद्देनजर सभी राजनैतिक दलों संगठनों और नागरिकों से अपील की है कि चुनाव के दौरान वे अपने भाषण में महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और न ही ऐसी कोई टिप्पणी करे जिससे महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचे हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष प्रीती भारद्वाज ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आगामी विधानसभा च्नाव के मद्देनजर देश के सभी नागरिकों को च्नाव के दौरान अपने भाषण में सम्मानता को बढ़ावा देने और शिष्टता बनाए रखने की हिदायत की गई है राजनैतिक दलों व संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि सामाजिक बैठकों व सार्वजनिक मंचों पर नम्र व सभ्य होने का प्रमाण दे उन्होंने कहा कि हाल ही में दिग्विजय चौटाला द्वारा हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी पर की गई टिप्पणी को ध्यान में रखकर यह अपील महिला आयोग की तरफ से प्रदेश की राजनैतिक पार्टियों व संगठनों के प्रतिनिधियों से की गई है हरियाणा में भी आज विश्व जनसंख्या दिवस पर विभिन्न जिलो में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

सेमीनार में बताया कि जनसंख्या मे वृद्वि का मानव जीवन पर क्या प्रभव पड़ता है तथा स्वास्थ्य कर्मी कैसे जनसंख्या को नियंत्रित् करने मे मदद कर सकते है पलवल में आयोजित सेमीनार मे भी जनसंख्या वृद्वि के द्वष्प्रभावों और नियंत्रण के उपायों पर चर्चा की गई सिरसा और अम्बाला शहर मे जिला नागरिक अस्पतालों के सिविल सर्जन ने लोगों को आबादी पर काबू पाने के लिये प्रेरित किया सिरसा में सिविल सर्जन डा गोबिंद ग्प्ता ने जागरूकता प्रचार वाहनों के अलग अलग जगह पर जाकर कर जागरूकता लाने के रवाना किया